राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत की युवा पीढ़ी राष्ट्र की प्रगति और विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी आकाशवाणी से आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की साठवीं कड़ी में श्रोताओं से अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशक में भारत की प्रगति और विकास में इकीसवीं सदी में पैदा हुए नौजवानों का भरपूर योगदान रहेगा बाईट प्रधानमंत्री भारत में यह दशक ये डिकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत आघुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है ये मैं साफ अनुभव करता हूँ आने वाली बारह जनवरी को विवेकानंद जयंती पर जब देश युवा दिवस मना रहा होगा तब प्रत्येक युवा इस दशक में अपने इस दायित्व पर जरुर चिंतन भी करें और इस दशक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी लें श्री मोदी ने कहा कि जेन नेक्स के नाम से पहचानी जाने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी भारत के आध्रनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएगी जनता के साथ भावनात्मक संपर्क कायम करते हुए श्री मोदी ने बिहार के बेतिया में के आर हाई स्कूल के पूर्व छात्रों के संगठन संकल्प पंचानवे का उल्लेख किया

दरअसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक एलुमनी मीट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा इसमें पूर्व छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उन्होंने जिम्मा उठाया पब्लिक हेत्थ अवयेरनेस का संकल्प नाइनटी फाईव की इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कालेज और कई अस्पताल भी जुड़ गये उसके बाद तो जैसे जन स्वास्थ्य को लेकर एक पूरा अभियान ही चल पड़ा प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी की भावना को अपनाकर स्थानीय रूप से बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें ताकि इससे स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली आए

भारत में बना हमारे देशवासियों के हाथों से बना हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या मैं लम्बे समय के लिए नहीं कहता हैं सिर्फ दो हजार बाईस तक आजादी के पचहत्तर साल हो तब तक और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान स्थान पर नौजवान आगे आएं छोटे छोटे संगठन बनायें लोगों को प्रेरित करें समझाएं और तय करें आओ हम लोकल खरीदेंगे कई श्रोताओं ने स्थानीय उत्पादों को खरीदने के प्रधानमंत्री के आग्रह की सराहना की है बाईट श्रोता मैं बिजॉन मिश्रा आज प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के बाद बहुत से उत्साह हुआ क्योंकि उन्होंने हर एक व्यक्ति को ये संदेश दिया कि उपभोक्ताओं को हमारे देश के सामान को खरीदना चाहिए और हम समझते हैं कि इसका बहुत ही जरूरत है एक डिमांड क्रिएट हो जिससे रोजगार बढ़े लोगों में छोटे स्केल में सामग्री बनाते हैं और बेचते हैं उनको उत्साह दिलाना बहुत ही जरूरी है मैं ध्रव कुमार बोल रहा हूं सहरसा जिले का हूं बिहार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल वस्तुओं को उपयोगिता के लिए जो उन्होंने कहा है मैं कुछ भारत में बने जो वस्तुए होती हैं उसको मैं यूज करता हूं खास कर के दिवाली के मौके पर होली के मौके पर त्यौहार जितने फैंस्टिवल्स होते हैं उसमें लोकल ही चीजों को मैं उपयोग करना पंसद करता हूं वर्ष दो हजार उन्नीस के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से नए साल का स्वागत नए संकल्पों नई ऊर्जा नए उत्साह और नए जोश के साथ करने का भी आग्रह किया गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है कि अर्द्धसैनिक बलों के प्रत्येक जवान को प्रतिवर्ष सौ दिन अपने परिवार के साथ बिताने का अवसर मिले आज नई दिल्ली में सीआरपीएफ के महानिदेशालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने यह बात कही बाईट अमित शाह हमने तय किया है कि हर सशस्त्र बल का जवान कम से कम सौ दिन अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की चिंता कर सके इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते है और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है मैंने सभी सशस्त्र बलों के डीजीस से सुझाव भी मांगे हैं एक कम्पयूटीआरडज तैनाती का साफ्टवेयर भी कुछ संस्थाओं को मैंने व्यक्तिगत तौर पर बनाने के लिए दिया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज नई दिल्ली में प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पचासवें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया

यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल और दस लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है अमिताभ बच्चन ने ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म सात हिन्दुस्तानी से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की वे पार्श्वगायक भी रहे हैं

राजधानी पटना सहित राज्य में कड़ाके की ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी और पछुआ हवा के कारण पूरा प्रदेश शीतलहर के चपेट में है अरवल औरंगाबाद और शिवहर जिले में कड़ाके की ठंड से छह लोगों की मौत हो गयी है पिछले चौबीस घंटो के दौरान छपरा मुजफ्फरपुर फारबिसगंज पटना और गया जिले में भीषण ठंड रिकॉर्ड की गयी है वहीं सबौर सुपौल पूर्णियां डेहरी और दरभंगा में भी ठंड से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गया जिला आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अत्यधिक ठंड को देखते हुए कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है भीषण शीतलहर और ठंड के मद्देनजर शेखपुरा सीतामढी बेगूसराय और नवादा के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गयी है नालंदा जिले के राजगीर में सिख धर्म के प्रथम गुरू गुरूनानक देव जी महाराज के पांच सौं पचासवें प्रकाशपर्व पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम आज सम्पन्न हो गया समारोह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए उन्होंने राजगीर स्थित गुरूद्वारा में मत्था टेका और लंगर में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार राजगीर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ईको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि अगले साल राजगीर में नया गुरूद्वारा भी बनकर तैयार हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड के ग्यारहवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं इस अवसर पर कांग्रेस कोटे से दो विधायकों रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम के साथ राजद कोटे से एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल राजस्थान और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ अन्य पार्टियों के नेता उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने झारखंड के विकास के लिए केन्द्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली कर्मनाशा नदी पर बने पुल का पाया क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रकों के आवागमन के लिए भोजपुर जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है रोहतास भभुआ और औरंगाबाद की तरफ से आने वाले ट्रक अब नासरीगंज सकड्डी पथ होते हुए डोरीगंज पुल के रास्ते उत्तर प्रदेश जा सकेंगे

राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड